भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण दवाई अस्पताल में भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता राज्य के सभी शहरों में कोरोना जांच के लिए स्थाई बूथ बनाए जाएंगे

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें

इस बार सख्ती भी बढ़ा दी गयी है राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कल पुलिस लाइन में जिले के सभी डीएसपी थाना प्रभारी ट्रैफिक थाना प्रभारी को ब्रिफिंग की और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया

इस दौरान जिला से बाहर आने जाने वाले निजी वाहन सवारों के पास यदि ई पास नहीं होगा या फिर बाहर से आनेवाले यदि सही वजह नहीं बताएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी पास नहीं रहने पर उन्हें जिले से बाहर जाने से रोका जा सकता है लॉकडाउन में ई पास जारी करने के लिए दो अलग अलग लिंक जारी किए गए हैं लिंक पर आवेदन देकर ई पास हासिल किया जा सकता है

पास के बाद आपको कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा तथा सात दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा अंतरराज्यीय और अंतर जिला बसों का परिचालन बंद रहेगा

गिरिडीह जिले में कल से घर घर जाकर कोरोना का सर्वे होगा उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कल से स्वास्थ्य कर्मी सेविकासहियासहायिका और सखी मंडल की दीदियों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि जिले में चिकित्सीय उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर तथा सुगम बनाया जा रहा है इसके साथ ही जिले में ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन पाइपलाइन आइसीयू बेड वेंटिलेटर और अन्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों को जिले में ही बेहतर चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया जा सकें झारखंड में लगातार सातवें दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार एक सौ सनतावन नए मरीज मिले जबकि दोगुने से अधिक कुल छह हजार सात सौ बासठ मरीज स्वस्थ हुए वहीं पैंसठ मरीजों की मौत हुई है

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर एकतालीस हजार तीन सौ छियासी हो गई है

सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी होने लगी है

गोड्डा जिले में कोरोना के संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करने के वास्ते दिशा निर्देश दिए गए है उप विकास आयुक्त द्वारा क्विक रिस्पांस टीम के कार्यो की जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि सुदूर प्रखंडों पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को अगर गंभीर सर्दी खांसी टाइफाइड जैसे रोग के लक्षण हों तो समिति की आशा वर्कर पोषण सखी लाइवलीहड सोसायटी के समूह स्कूल टीचर राजस्व कर्मचारी चौकीदार को शीघ्र सुचना दें इससे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान और सहायता की जा सकेगी गोड्डा में प्रखंड स्तर पर इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं रामगढ़ जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला अजय कुमार रजक के निर्देश पर कल विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं के द्वारा लोगों के घर घर जाकर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों तथा कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया इस दौरान उनके द्वारा सभी ग्रामीणों को बताया गया कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और दोनों डोज लेने के बाद संक्रमण का खतरा नहीं के बराबर है

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण दवाई अस्पताल में भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इंकार किया जा रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इंकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है आवश्यक सेवाएं देने में इंकार करने के लिए आधार कार्ड का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड से छूट लेने की एक निश्चित प्रणाली है आधार अधिनियम के मुताबिक अगर किसी कारण से व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे आवश्यक सेवाओं से मना नहीं किया जा सकता है झारखंड में संक्रमितों की जल्द पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित कराने के लिए जांच की गति और तेज की जाएगी इसके लिए राज्य के सभी शहरों में स्थायी एंटीजन जांच केंद्रों की स्थापना की जाएगी

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्त नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकार और विशेष कार्यपालक पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है सीसीएल और बीसीसीएल से फैक्ट्रियों के नाम पर आबंटित होने वाले कोयले की कालाबाजारी को लेकर मांडू विधायक जयप्रकाशभाई पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र दिया है साथ ही इससे कंपनी राज्य और केंद्र को हो रहे राजस्व की क्षति की ओर ध्यान दिलाते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है विधायक श्री पटेल ने मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों के विरूद्व कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है साथ ही जिला निगरानी कमेटी को चुस्त दुरूस्त करने का आग्रह किया है ग्मला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य दो आरोपी अभी भी फरार है घाघरा थाना परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र लाल ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया अन्य दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है बोकारो की इंद्राणी राय का चयन इंग्लैंड दौरे पर जानेवाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है

झारखंड के लिए यह पहला मौका है जब किसी महिला क्रिकेटर को तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम में चुना गया है टीम अगले माह इंग्लैंड जाएगी

दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है झारखंड में सख्त लॉकडाउन आज से नई पाबंदियां निजी वाहनों के लिए अब ई पास आवश्यक टीके या इलाज के लिए आधार जरूरी नहीं इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने यूआईडीएआई के बयान से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है गाड़ी से जाना है तो ई पास लेकर ही निकलें वरना जुर्माने के साथ केस भी

दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में महामारी की रोकनाथ को लेकर हुई समीक्षा बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है शीर्षक है गांवों में संक्रमण रोकने के चौतरफा उपाय घर घर हो जांच